द्रमका में हथियार बरामद राज्य में कोरोना से संक्रमण की रफ्तार में तेजी आई है कल एक ही दिन में चार सौ नवासी नए पॉजिटीव मरीज मिले हैं वहीं चार मरीजों की मौत भी हुई संक्रमितों की संख्या रांची और पूर्वी सिंहभूम में सबसे अधिक है राजधानी रांची में कुल एक हजार छह सौ अरसठ संक्रमित मिल चुके हैं एक्टिव केस के मामले में भी रांची राज्य के पहले नम्बर पर है वहीं दूसरी तरफ मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या में इजाफा हो रहा है झारखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल जारी किये गये हेत्थ बुलेटिन के मुताबिक राज्य में अब तक तीन हजार अड़तालीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं

जबकि तीन हजार छह सौ छब्बीस मरीजों का इलाज चल रहा है सूबे में अब तक दो लाख छत्तीस हजार सात सौ इक्कतीस सैंपल की जांच की जा चुकी है जिसके बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या छह हजार सात सौ इकसठ हो गयी है

गढ़वा जिले में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे भयावह रुप लेता जा रहा है शुक्रवार की सुबह जिला मुख्यालय स्थित कोविड अस्पताल में इलाजरत एक मरीज की मौत हो गई

वे बिहार के डेहरी ऑन सोन के रहनेवाले थे मृतक व्यक्ति का पूत्र गढ़वा में कार्यपालक अभियंता है जिला मुख्यालय स्थित वाटरवेज कालोनी में पुत्र के आवास पर बीमार पड़ने के बाद सदर अस्पताल में उनकी कोविड जांच कराई गई थी रिम्स में अठाईस जुलाई से कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से होगा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने इस संबंध में रिम्स निदेशक को पत्र लिखा है पत्र में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोर्रेन इसका शुभारंभ करेंगे प्लाज्मा थेरेपी से इलाज के लिए आवश्यक मशीनें दो तीन दिन में आ जाएंगी सदर अस्पताल का लेबर रूम और ऑपरेशन थियेटर आज फिर से शुरू हो गया है जानकारी हो कि बुधवार को कोरोना पॉजिटिव महिला का प्रसव होने के बाद लेबर रूम बन्द कर दिया गया था सेनेटाइजेशन के बाद चौबीस घंटे बीत जाने पर लेबर रूम में काम फिर से शुरू हुआ है सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव महिला के संपर्क में आए डॉक्टरों को क्वारेंटीन किया गया है विधायकों और विधानसभा सचिवालय कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने की सूचना मिलने के बाद झारखंड विधानसभा सचिवालय को सत्ताइस जुलाई तक के लिए पूरी तरह सील कर दिया गया है सील बंद अवधि के दौरान आवश्यक शाखा के अधिकारियों और कर्मचारियों को सभा सचिवालय को सैनिटाइज करने का निर्देश दिया गया है सचिवालय के उप सचिव नवीन कुमार ने यह आदेश जारी किया है उन्होंने बताया कि सचिवालय समितियों की बैठकों पर भी इकतीस जुलाई तक रोक लगाई गई है रांची में कल कोरोना के एक सौ अंठानबे संक्रमित मिले थे संक्रमण के खतरे को देखते हुए ईडी आयकर सेंट्रल एक्साइज व सिविल कोर्ट को सील किया गया ईडी ऑफिस के एक अधिकारी संक्रमित मिले थे वहीं सिविल कोर्ट का एक पेशकार संक्रमित मिला था इस वजह से सिविल कोर्ट दो दिन के लिए बन्द किया गया है फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से कोरोना वायरस संक्रमण पर अंकृश को लेकर आज से स्मार्ट लॉकडाउन की अपील की गयी है जिसके कारण राजाधनी रांची की अधिकांश दुकानें एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद हैं हालांकि कुछ दुकानें खुली भी नजर आ रही है

इस फैसले के बाद व्यवसायी आज से तीन दिनों तक अपनी दुकान और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखेंगे चेंबर ने रांची नगर निगम क्षेत्र में भी स्वेच्छा से सभी व्यवसायियों से स्मार्ट लॉकडाउन को सफल बनाने की अपील की हैं रांची की मेयर आशा लकड़ा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य में बीस दिन का लॉकडाउन करने की मांग की है मेयर में पत्र में लिखा है कि राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बहत तेजी से बढ़ रही है इसलिए पूरे राज्य में लॉकडाउन करने की जरूरत है उन्होंने रांची में एक हजार बेड के स्थायी कोविड अस्पताल बनाने की भी मांग की है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

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह यथोचित तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए हालांकि राज्यों जिला और पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सुरक्षित दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए बड़े आयोजन की अनुमति न दें इसमें कहा गया है कि लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल टैक्नोलोजी का उपयोग किया जाना चाहिए इस वर्ष लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह केवल प्रधानमंत्री के भाषण गार्ड ऑफ ऑनर राष्ट्रीय ध्वजारोहण राष्ट्रगान और तिरंगे गुब्बारे छोड़ने तक सीमित होगा दिशानिर्देश में सुझाव दिया गया है कि कोविड योद्वाओं जैसे डॉक्टर स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्वच्छता कर्मियों को इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में उनकी सेवा को सम्मान देने के लिए आमंत्रित किया जाये सरकार ने राज्य और जिला अधिकारियों से भी आग्रह किया है कि वे आत्मानिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाएँ और आत्मनिर्भरता के विषय पर आधारित कार्यक्रम और गतिविधियाँ चलायें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली की शुरूआत की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से वन उत्पादों की निर्बाध आवाजाही होगी उन्होंने कहा कि अब नेशनल ट्रॉजिट पास सिस्टम के द्वारा मोबाइल ऐप से आप ऐप्लीकेशन कर सकते है और मोबाइल ऐप पर ही आपको ई पास मिलेगा डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में स्नातक के बाईस ट्रेडिशनल और सात प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है विद्यार्थी चान्सलर पोर्टल के माध्यम से पच्चीस जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं आवेदन की अंतिम तिथि दस अगस्त है विश्वविद्यालय में पहली बार यूजी कॉमर्स के पढ़ाई शुरू होगी इसके लिए दो सौ सीटों पर नामांकन होगा स्नातक के ट्रेडिशनल कोर्स के लिए सामान्य और ओबीसी श्रेणी के विद्यार्थियों को तीन सौ रूपए देने होंगे तथा एससी और एसटी के विद्यार्थियों को ढाई सौ रूपये लगेंगे वोकेशनल कोर्स के लिए सभी श्रेणी के विद्यार्थियों को फॉर्म के लिए छह सौ रूपये देने होंगे जैक बोर्ड की मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए स्क्रूटनी की तिथि घोषित कर दी गई है मैट्रिक के परीक्षार्थी उन्तीस जुलाई से अठाईस अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं वहीं इंटर के परीक्षार्थी एक अगस्त से इकतीस अगस्त तक आवेदन जमा कर सकेंगे इस साल स्क्रूटनी की प्रक्रिया ऑनलाईन होगी परीक्षार्थी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट जे ए सी डॉट झारखंड डॉट गॉभ डॉट इन के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं राज्यसभा के पूर्व सांसद अजय मारू ने नगर विकास मंत्री से हरमू बाईपास रोड से राजभवन तक फ्लाईओवर एवं सिंरम टोली से राजेंद्र चौक तक प्रस्तावित आरओबी का कार्य तत्काल शुरू करने का आग्रह किया है श्री मारू ने कहा कि यातायात की सुगमता की दृष्टि से यह दोनों परियोजनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं उन्होंने नगर विकास से परियोजना के लिए तत्काल राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया है श्री मारू ने कहा कि दो वर्ष पूर्व इस योजना पर काम शुरू करने का निर्णय लिया गया था लेकिन जमीन अधिग्रहण सहित अन्य अडचनों के कारण काम शुरू नहीं हो सका था पाक्ड जिले में सरकार की जोहार योजना गांवों में रहने वाली महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने और उनकी आय दोगुनी करने का बेहतर जरिया साबित हो रही है

इस बीच राष्ट्रीय दृष्टिबाधित महासंघ के महासचिव एस के रुंगटा ने बताया कि सरकार के इस फैसले से देश में दो से े तीन करोड़ दिव्यांगजनों को लाभ मिलेगा पश्चिमी सिंहभूम के बरकला वन क्षेत्र में वन विभाग के रेंज कार्यालय गेस्ट हाउस को बम विस्फोट से उड़ाये जाने के मामले में पुलिस ने दो माओवादियों को गिरफ़्तार किया है पुलिस अधीक्षक इन्द्रजीत महथा ने इनके पास से भारी संख्या में नक्सली पोस्टर मोबाइल फोन एक मोटरसाइकिल सहित कई सामान बरामद किये हैं

झारखंड में इस वर्ष अब तक सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गयी है लेकिन आने वाले दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश के आसार है इससे मॉनसून में सुधार की उम्मीद है

हॉकी इंडिया ने संकेत दिया है कि रांची में अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच कराये जा सकते हैं हॉकी झारखंड को अमी इस संबंध में मौखिक सूचना प्राप्त हुई है हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने बताया कि कोरोनाकाल के बाद अब रांची में अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच का आयोजन संभव है इसके लिए हॉकी झारखंड को तैयार रहने के लिए किया गया है मैचों का आयोजन मोरहाबादी स्थित एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में कराया जाएगा इसके लिए दक्षिण पूर्व रेलवे में भी सहयोग लिया जाएगा